प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारोबार में सुगमता रैकिंग में राज्य के दूसरा स्थान हासिल करने पर निवेशकों उद्यमियों और आम लोगों को बधाई दी है उन्होंने कल एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है राज्य सरकार ने रैंकिंग में सुधार के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदर्शन से स्पष्ट है कि उद्यमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू सुधारों से लाभान्वित हो रहे हैं

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एकल व्यवस्था निवेश मित्र लागू होने से निवेशकों के आवेदनों को निपटाने में मदद मिली है डिस्पैच राज्य सरकार ने रैंकिंग में जबरदस्त सुधार की कई वजहें बताई हैं और कहा है कि इस प्रदर्शन से साफ पता चलता है कि उद्यमियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किये गये सुधारों का लाभ मिल रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य को इस प्रदर्शन में निवेशकों के सभी आवेदनों का एक ही स्थान पर समाधान करने वाली निवेश मित्र सुविधा को सफलतापूर्वक लागू कराने की अहम भूमिका रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल की रैंकिंग को यूजर फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है लिहाजा देश में दूसरा स्थान हासिल करने का मतलब है कि उद्यमियों को सरकार द्वारा शुरू किये गये सुधारों का वाकई में फायदा पहुंच रहा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन का बढ़ावा दे रही हैं उसी कड़ी में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थलीय क्रशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की गई है श्री योगी आज केन्द्रीय नागरिक उड़डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी के साथ कूशीनगर में इस एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे

गौरतलब है कि यहां नवम्बर के अंतिम सप्ताह में उड़ान शुरू करने की तैयारी है एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है श्री योगी ने कहा कि एयरपोर्ट शुरू हो जाने से इस पूरे अंचल का विकास होगा और रोजगार के अवसर बढ़ें गे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे

इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बडे सुधारों का लक्ष्य है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षक एक शिल्पकार के रूप में अपने विद्यार्थी का जीवन गढ़ता है और शिक्षक समाज की एक आधारशिला है उन्होंने कहा कि एक शिक्षक अपने जीवन के अन्त तक मार्गदशक की भूमिका अदा करता है तथा समाज को सही राह दिखाता रहता है

उन्होंने कहा कि एक गुरू और शिक्षक अपने विद्यार्थियों का हर परिस्थिति और समस्याओं से निपटने की राह भी दिखाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है राज्यपाल ने कहा कि आज के युग में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है एक आदर्श शिक्षक के व्यवहार का असर उसके शिष्य पर पड़ता है इसलिए शिक्षक को चाहिए की वह अपने विषय की पाठ्यवस्तु को इतना सरल सहज सुरूचिपूर्ण और आनंददायक बनायें ताकि बच्चों को यह पता न चल सके कि उन्होंने अपना पाठ कब याद कर लिया

उन्होंने शिक्षकों शिक्षार्थियों चिंतकों और शोधकर्ताओं का आह्वान किया कि वे इस बात पर विचार करें कि कैसे कौशल और अपनी मूल क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके भारत को विश्व गुरू के रूप में प्रतिष्ठित किया जाये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

उन्होंने कहा कि यह भाषा हमारी वैचारिक परम्परा जीवनदर्शन मूल्यों और सूक्ष्म चिंतन की वाहिनी है

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग क जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सजित करने से संबंधित है इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी प्रदेश में कल से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होंगी

यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा मास्क पहनते हुए एहतियाती उपायों का पालन करना होगा यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के प्रबन्ध निदेशक कुमार केशव ने बताया कि कल से मेट्रो संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है

कोचों के अन्दर यात्रियों को एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है यात्रा के लिए टोकनों को भी पूरी तरह से संकमणरहित किया जायेगा

इनमें से बत्तीस हजार चौरान्नबे मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक एक लाख तेइस हजार आठ सौ दो मरीजों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना जिनमें से इक्यान्नबे हजार सात सौ आठ मरीजों की होम आइसोलेशन अवधि समाप्त हो चुकी है कल प्रदेश में एक लाख पचपन हजार नौ सौ छियालीस कोरोना नमूनों की जांच की गई अब तक कुल पैसठ लाख नौ सौ उनहत्तर नमूनों की प्रदश में जांच की गई है अब तक दो लाख सात सौ अड़तीस कोरोना रोगी ठीक हो गये हैं

एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग बत्तीस लाख हो चुकी है मरीजों के ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव तीन दो प्रतिशत है इस समय देश में आठ लाख बासठ हजार तीन सौ बीस लोगों का उपचार हो रहा है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल शाम ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हाथामी से बातचीत की श्री सिंह मॉस्को से नई दिल्ली लौटते हुए तेहरान में रूके थे

समाप्त